राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लॉकडाउन में पंजीकृत श्रमिकों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता व एक महीने का राशन देने पर दिया बल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कोरोना महामारी के दृष्टिगत बिना किसी विशेष आयोजन के सादगी से मनाया जाएगा हिमाचल दिवस प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार ने देश में लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत और समग्र दृष्टकोण अपनाने से स्थिति से अच्छी तरह निपटने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी

उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे डॉक्टरों नर्सों सफाई कर्मियों और पुलिसकर्मियों जैसे कोरोना योद्वाओं का सम्मान करें उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने उद्योग और व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें नौकरी से न हटाएं

इस संबंध में आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है

मुख्यमंत्री बातचीत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला और टांडा व नेरचौक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों से आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत की उन्होंने प्रदेश में कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सभी का आभार जताया इन चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को अब क्वारंटीन में रखा गया है मुख्यमत्री ने कहा कि इन चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों की सेवाएं सराहनीय हैं और प्रदेश की जनता इनकी निःस्वार्थ सेवाओं के लिए आभारी है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोरोना योद्वाओं द्वारा दी गई सेवाएं निःसन्देह चिकित्सा क्षेत्र में प्रेरणादायक हैं राहत लाहौल राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच कुल्लू मनाली में फंसे लाहौल घाटी के लोगों को बड़ी राहत दी है

उन्होंने कहा कि लाहौल पहुंचने से पहले गुलाबा में लोगों की स्वास्थ्य जांच होगी जबकि सिस्सु में भी दोबारा जांच की जाएगी

इसी तरह गाहर तोद व चंद्रा घाटी के लोगों को चरणबद्ध तरीके से लाहौल ले जाया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में लॉकडाउन को देखते हुए गैर पंजीकृत श्रमिकों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता और एक माह का राशन दिए जाने पर बल दिया है राजभवन में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि गैर पंजीकृत श्रमिकों व ठेकेदारों की संख्या का आंकड़ा रखा जाना चाहिए ताकि श्रमिकों के लिए छोटे स्तर पर सहायता शिविर लगाये जा सकें राज्यपाल ने ईएसआईसी औषधालयों की सेवाओं को दायरा बढ़ाने की जरूरत भी बताई जिससे श्रमिकों को लाभ मिल सके इस दौरान निशा सिंह ने राज्यपाल को विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी

जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चिकित्सकों पैरामैडिकल स्टाफ पुलिस व मीडिया कर्मियों और सफाई कर्मचारियों का भी आभार जताया कोरोना पॉजेटिव ऊना ज़िला के हॉटस्पॉट कुठेड़ा खैरला पंचायत का एक युवक कोरोना पॉजेटिव पाया गया है

दो नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है

राज्यपाल बंड़ारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित की राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भीमराव अंबेदकर ने सामाज के कमजोर व शोषित वर्गो के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम महापौर सत्या कौंडल और उपायुक्त अमित कश्यप ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेदकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में भीमराव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए सासंद सुरेश कश्यप भी इस अवसर पर मौजूद रहे